प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आई आईटी गुवाहाटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनो से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है नरेंद्र मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ईमानदारी व बहादुरी के साथ राष्ट्र सेवा कर रहा है शिमला के निकट तारादेवी स्थित बल के सेक्टर मुख्यालय में आज फ्लैग इन सेरेमनी की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में आईटीबीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है इस अवसर पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया जयराम ठाक्र ने कहा कि आईटीबीपी के पास एक विशेष पर्वतारोही बल है जो अधिकारियों व जवानों को पर्वतारोहण और स्कीइंग का प्रशिक्षण देता है उन्होंने बल के स्वच्छता अभियान की सराहना भी की

राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है इस विधेयक में केन्द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है

उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेगें अनुराग ठाकुर ने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्वि और खरीद बढ़ाने से किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार होगा इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अनेक एतिहासिक फैसले लिए हैं सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान लोगों को आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी देने में अहम भूमिका निभा रहा है

भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत अतिसंवेदनशील माना जाता है और आपदा की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्यों से जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पिती जिले में कोरोना काल के दौरान भी विकास कार्यो पर ज्यादा असर नहीं पड़ा हैं और लोक निर्माण विभाग ने पांच बड़े पुलों का निर्माण किया है जिनमें से तीन पुल जनता को समर्पित कर दिए गए हैं जिले की तोद घाटी के योचे में बन रहे पुल के कार्य का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए मारकंडा ने कहा कि अगले महीने जिले में दो नए पुलों को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा वीरेंद्र कंवर हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल की धमरोल पंचायत के लोगों ने सरकार से पंचायत को दो भागों में बांटने का आग्रह किया है पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने आज ऊना जिले के थानाकलां में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री से भेंट कर कहा कि धमरोल पंचायत बहुत बड़ी है और ऐसे में इसकी दो पंचायतें बनाई जानी चाहिए वीरेंद्र कंवर ने इस पर उचित कार्रवाई का आश्वसन दिया